प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे मन की बात की यह चौवालीसवीं कड़ी होगी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली भाषा में आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लोगों को जाति और आय सहित दूसरे प्रमाण पत्रों के साथ विभिन्न योजनाओं का लाभ ऑनलाईन मिलेगा इसके लिये कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव में भी इंटरनेट की सुविधा जल्द बहाल की जायेगी पटना में भाजपा युवा मोर्चा की कार्यशाला को संबोधित करते हुये श्री मोदी ने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों को भी मुफ्त वाई फाई की सुविधा दी जायेगी उन्होंने कहा कि दो सौ पैंतालीस करोड़ की लागत से बिहार के तीन सौ ज्यादा डिग्री और पीजी संस्थानों में मुफ्त वाई फाई की सेवा दी गयी है श्री मोदी ने छात्रों से मुफ्त वाई फाई सुविधा को ज्यादा ज्यादा से इस्तेमाल करने की अपील की है केरल में निपाह वायरस से हो रही मौतों को देखते हुये स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को बचाव के लिये एडवाइजरी जारी कर दी है विभाग ने केला आम ताड़ और खजूर के रस के सेवन में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है निपाह वायरस के लक्षण अचानक बुखार सिरदर्द मांसपेशियों में दर्द मानसिक भ्रम और उल्टी आदि हैं विभाग के निदेशक प्रमुख ने चमगादड़ और सुअरों के संपर्क से दूर रहने की सलाह दी है राज्य के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि बाढ़ के काम में कोताही करने वाली निर्माण एजेंसियों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होगा श्री सिंह पटना में समीक्षात्मक बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि आपदा प्रबंधन नियम के तहत यह अधिकार राज्य के सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है इस व्यवस्था के तहत होने वाली मुकदमे में जमानत का प्रावधान नहीं है जल संसाधन मंत्री ने कहा कि हर हाल में बाढ़रोधी कार्य पंद्रह जून तक पूरा कर लेना है उन्होंने कहा कि जो भी एजेंसी काम में कोताही बरतती है तो उसे अगले साल से सभी टेंडर के लिये प्रतिबंधित कर दिया जायेगा पटना में आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की जा रही है बैठक में बैंकों की ओर से विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिये दिये जा रहे ऋण की समीक्षा की जायेगी इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शामिल होंगे उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत अब पुराने और नये सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया गया है इसके तहत इकतीस जुलाई के पहले हाई सिक्योरिटी निबंधन प्लेट लगवानी होगी इसका उल्लंघन करने वालों को सौ से पांच सौ रूपये तक जुर्माने के साथ एक माह की सजा या दोनों के दंड का प्रावधान किया गया है शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन पेंशन के लिये पांच सौ तिहत्तर करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं यह राशि मार्च से मई तक के वेतन भुगतान के लिये होगी विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिन विश्वविद्यालयों के वेतन मद की राशि स्वीकृत की गयी है उनमें नवसृजित पाटलिपुत्र मुंगेर और पूर्णिया विश्वविद्यालय शामिल नहीं है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीपीएफओ ने भविष्य निधि पर वित्तीय वर्ष दो हजार सत्रह अठारह के लिये आठ दशमलव पांच पांच प्रतिशत ब्याज तय किया है यह ब्याज वित्त वर्ष दो हजार बारह तेरह के बाद सबसे कम है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने एक सौ बीस से ज्यादा क्षेत्रीय कार्यालयों को खाताधारकों के खाते में ब्याज क्रेडिट प्रक्रिया शुरू करने का कहा है वित्त मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में पीपीएफ पर आठ दशमलव पांच पांच प्रतिशत ब्याज देने के मंजूरी दी गयी थी लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अचारसंहिता के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा परिणाम वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट रिजल्ट्स डॉट एनआईसी डॉट इन और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीबीएसईरिजल्ट्स डॉट एनआईसी डॉट इन तथा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीबीएसई डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध रहेंगे छात्र अपने परीक्षा परिणाम उमंग मोबाइल एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं इसके अलावा शून्य एक एक दो चार तीन शून्य शून्य छह नौ नौ फोन नम्बर पर भी परिणाम की जानकारी ली जा सकती है छात्र एसएमएस भेजकर मोबाइल नम्बर सात सात तीन आठ दो नौ नौ आठ नौ से भी परीक्षा परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं सीबीएसई बोर्ड से पंजीकृत स्कूलों को उनकी ई मेल आई डी पर अपने आप ही परीक्षा परिणाम पहुंच जाएंगे लोगों को सलाह दी गई है कि वे परिणाम जानने के लिए बोर्ड के कार्यालय न पहुंचें क्योंकि परिणाम वहां उपलब्ध नहीं रहेंगे राज्य के पुलिस महानिदेशक के एस द्विवेदी ने कहा है कि सभी जिलों के थानों और पुलिस अधिकारियों के कार्यालय तथा आवास पर शिकायत पेटियां लगायी जायेगी पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये पुलिस महानिदेशक ने शिकायत करने के लिये बिना संकोच अपनी शिकायत पेटियों में डालने की अपील की है राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के चार हजार दो सौ संतावन पदों पर भर्तियां की जायेगी इसके लिये उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गये हैं उम्मीदवारों को अलग अलग जिलों में रिक्त पदों के आधार पर आवेदन करना है आवेदन की अंतिम तिथि चार जून निर्धारित की गयी है अतिथि शिक्षक के लिये संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवारों की आयुसीमा न्यूनतम इक्कीस और अधिकतम पैंसठ वर्ष है अररिया जिले के जोकीहाट सीट पर अठाईस मई को होने वाले विधानसभा उप चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है जदयू और राजद के नेता जोर शोर से अपने अपने दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी प्रत्याशी शाहनवाज आलम के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि ये चुनाव सिर्फ जोकीहाट का ही नहीं है बल्कि इस चुनाव के माध्यम से पूरे मुल्क में संदेश जायेगा इधर जदयू प्रत्याशी मुर्शीद आलम के पक्ष में जदयू और भाजपा के वरिष्ठ नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं उप चुनाव में कुल नौ प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं उपचुनाव के लिये मतगणना इकतीस मई को होगी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि आयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर अंतिम निर्णय न्यायालय के फैसला आने के बाद ही लिया जायेगा नवादा के कुंती नगर में चल रहे बीस दिवसीय शिक्षा वर्ग को संबोधित करते हुये श्री भागवत ने कहा कि जब तक भारत में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो जाती तब तक आरक्षण लागू रहना चाहिये कटिहार नगर थाना में जिले के अपर समाहर्ता जफर रकीब पर अप्राकृतिक यौनाचार में मामला दर्ज किया गया है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जिले के बारसोई अंचल में पदस्थापित एक लिपिक ने यह मामला दर्ज कराया है पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी थाना क्षेत्र के चाँदसरैया स्थित एक बर्फ फैक्ट्री में गैस सिलेंडर में आग लगने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गये भोजपुर जिले में पुलिस ने छापेमारी कर साढ़े चार सौ लीटर से अधिक शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के तेघड़ा में एक व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी मोतिहारी के जिला स्कूल परिसर में विशाल रोजगार मेला का आयोजन किया गया मेला में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र से प्रशिक्षित दो हजार बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र दिये गये मेला में अस्सी कम्पनियों के चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने वितरित किया राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में है मौसम विभाग ने कहा है कि इकतीस मई तक पूरे प्रदेश के तापमान में औसत दो डिग्री सेल्सियस तक व्रद्धि होने की संभावना है पटना का तापमान चालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है वहीं गया में अधिकतम तापमान तैंतालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया खगड़िया में आयोजित श्यामल सिन्हा अंडर सिक्सटीन क्रिकेट टूर्नामेंट में नवादा ने पटना को चौदह रनों से पराजित किया पहले बल्लेबाजी करते हुये नवादा की टीम ने एक सौ पचपन रनों का लक्ष्य दिया इसके जवाब में पटना की टीम पैंतीस ओवर में ही एक सौ इकतालीस रनों पर सिमट गयी इस टुर्नामेंट में आज सारण का मुकाबला गया से होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान का शिर्षक है बोधगया ब्लास्ट मामले में करीब पांच वर्ष बाद एनआईए ने सुनाया फैसला कोर्ट ने कहा ब्लास्ट एक आंतकी घटना थी आईएम के पाच आतंकी दोषी करार दैनिक जागरण की सुर्खी है पुराने वाहनों में भी लगानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दैनिक भास्कर लिखता है निपाह से बचाव के लिये बिहार में भी एडवाइजरी प्रभात खबर ने लिखा है दीक्षांत समारोह में जुड़ा संस्कृति का नया अध्याय प्रधानमंत्री के हवाले से अखबर लिखता है भारत व बांग्लादेश के रिश्तों का यह सुनहरा वक्त राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है जोकीहाट में आज थमेगा प्रचार का शोर